राज्य योजना आयोग ने सभी विभागों से आउटकम बजट पर अपने प्रस्तुतिकरण देने के दिये निर्देश रबी की प्रमुख फसल गेहूं में इस साल पीला रतुवा रोग फैलने की संभावनामौसम बना हुआ है अनुकूल प्रदेश में मौसम ने बदली करवटगढ़वाल और कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई श्रू स्लग हवाई सेवा राज्य में जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट सहित पंतनगर चिन्यालीसौड़ नैनीसैनी गौचर और चौखुटिया में हवाई पट्टियां तैयार कर उनका विस्तार किया जायेगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को उड़ान योजना के तहत देहरादून पंतनगर हवाई सेवा के शुभारंभ के मौके पर ये बात कही उन्होंने कहा कि यह सेवा गढ़वाल और कुमाऊ के बीच कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी उड़ान योजना से लोगों के समय की भी बचत होगी केंद्र सरकार के मिशन कनेक्टिंग इंडिया में उड़ान योजना के तहत देहरादून से पंतनगर और वापसी की उड़ान शुरू की गई है इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों की सुलभ सम्पर्क की मांग पूरी हो गई है एलाइंस एअर द्वारा पंतनगर देहरादून पंतनगर मार्ग पर यह सेवा शुरू हुई है इस सेवा के तहत बुधवार शुक्रवार शनिवार और रविवार को पंतनगर से देहरादून के लिए फ्लाइट उपलब्ध रहा करेंगी जबकि बुधवार शनिवार और रविवार को देहरादून से पंतनगर के लिए विमान उड़ान भरेगा एलाइंस एअर की पंतनगर से नई दिल्ली के लिए भी एक सीधी उड़ान है गौरतलब है कि सामरिक दृष्टि से भी राज्य में हवाई पट्टियों के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है

इसको लेकर देहरादून में वित्त एवं नियोजन विभाग द्वारा आउटकम बजट पर चर्चा की गई इस बैठक में राज्य योजना आयोग ने सभी विभागों से आउटकम बजट पर जल्द से जल्द अपने प्रस्तुतिकरण देने के निर्देश दिये हैं आउटकम बजट को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ते हुए बजट व्यवस्था का प्राविधान किया जाना है गौरतलब है कि वर्तमान में नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राज्य सतत् विकास लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार कर रहे हैं

देहरादून में स्टार्ट अप काउंसिल की बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ये बात कही इस दौरान मुख्य सचिव ने पात्र फर्मों का प्रस्तुतीकरण आगामी काउंसिल की बैठक में रखने के निर्देश दिये स्टार्ट अप काउंसिल द्वारा निर्धारित किये गये फोकस क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी ऊर्जा कृत्रिम बुद्विमता सेक्टर को भी शामिल करने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया इसके अलावा रेडिया जिंगल के साथ ही विभिन्न माध्यमों से स्टार्ट अप नीति का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया

दरअसल आज से पहली बार तीर्थयात्रियों के लिए देहरादून से बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है

वहीं हरिद्वार से भी जल्द ही प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरु की जाएगी उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है

बागेश्वर में आयोजित तंबाकू नियंत्रण और कन्या भ्रूण हत्या पर जागरुकता कार्यशाला में इस बात की जानकारी दी गई बागेश्वर जिले में हर साल कैंसर से दस मरीजों की मौत हो रही है कार्यशाला में सीएमओ जे सी मंडल ने तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान की जानकारी दी इस कार्यशाला में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया जिले के एडीएम राहल गोयल ने बताया कि कार्यशाला में बेटियों को बचाने के लिए संदेश दिया गया उन्होंने कहा कि गरुड़ ब्लॉक को छोड़कर जिले में लिंगानुपात संतोषजनक है

चमोली में मुख्य कृषि अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीला रतुवा रोग के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है पिछले साल भी गेहूं में इस रोग का आंशिक असर देखा गया था मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि इस रोग का प्रकोप विशेष रूप से गेहूं की बोई गई कुछ प्रजातियों पर होता है इसलिए इन प्रजातियों की विशेष निगरानी की जरूरत है उन्होंने गेहूं को इस रोग से बचाने के लिए खड़ी फसल वाले खेतों में खरपतवारों को नष्ट करने ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल और सिंचाई न करने के साथ ही रोग अवरोधी गेहूं की किस्मों को बोने की सलाह दी है

आज बदरीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री हेमकंड साहिब औली और रुद्रनाथ और खलिया टॉप सहित अन्य ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हई तो वहीं निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की खबर भी है केदारनाथ धाम में कल रात से बर्फबारी हो रही है यहां ढाई से तीन फीट तक बर्फबारी हई है इस कारण केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यो में भी बाधा आ रही है उत्तरकाशी जिले के ऊपरी इलाके भी शीतलहर की चपेट में हैं जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से भागीरथी नदी का पानी जमने लगा है जिला मुख्यालय सहित भटवाड़ी तहसील के हर्षिल गंगोत्री झाला सुखी आदि क्षेत्रों में तापमान गिरने से नदी नाले जमाव बिंद में पहुंच गए हैं वहीं दूर दूर से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं

सभी जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये गए हैं स्लग सत्र तैयारियां चमोली जिले के भराड़ीसैंण में सम्भावित आगामी विधानसभा सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है इसको लेकर जिलाधिकारी ने भराड़ीसैंण में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने सभी विभागों को समय रहते सत्र की व्यवस्थाओं की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये जिलाधाकारी ने गौचर भराड़ीसैंण सलियाणा बैंड स्थित हैलीपैड सहित कर्णप्रयाग गैरसेंण मोटर मार्ग को द्रुस्त करने के निर्देश भी दिये

गौरतलब है कि डिजि लॉकर एप को अपने स्मार्ट फोन पर प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है इस एप के माध्यम से चालक अपने वाहन से सम्बन्धित दस्तावेज स्टोर कर सकते हैं और चेकिंग के दौरान उन दस्तावेजों को दिखाया जा सकता है वाहन के कागजों के अलावा इसमें आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेज भी स्टोर किये जा सकते हैं